स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पर शीघ्र ही पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जायेगा

आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संय्क् सचिव लव अग्रवाल ने मीडिया को यह जानकारी दी

श्री नकवी ने कहा कि लोगों को झूठी खबरों और साजिशों के प्रति खबरदार रहना होगा श्री नकवी ने कहा कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं इमामों धार्मिक और सामाजिक संगठनों एवं मुस्लिम सम्दाय ने सांझो तौर पर यह फैसला किया है कि रमदान के पवित्र महीनें के दौरान सभी लोगग घर में ही रहकर नमाज़ और अकीदत अदा करेंगे रमज़ान के मद्देनज़र हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न जिलों से मस्जिदों के इमामों ने लोगों को अपने घर में ही रहकार नामज़ अदा करने व रोज़े रखने की अपील की है

जामा मस्जिद बरवाला के इमाम मोहम्मद इमरान ने भी मुस्लिम भाई बहनों को घर पर ही रोज़ा रखने और इबादत करने की दरख्वास्त की है उधर जींद में भी किला क्षेत्र की पीरवाली मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्माइल ने मुस्लिम समाज से कहा कि वे रमज़ान के महीने में घरों में ही नमाज़ अदा करे क्योंकि घर से रहकर ही वे स्रक्षित रहेंगे पंचकूला निवासी मोहम्मद याकूब और पंचकूला के गांव महेशप्र की निवासी रोज़ी और आफताब ने आकाशवाणी से कहा कि वे रमज़ान पर घर पर ही इबादत करेंगे क्योकि सामाजिक दूरी का पालन न करने से उनकी सुरक्षा को ही खतरा है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में किताबों की द्कानें और ए सी कूलर और अन्य उपकरणों की म्रम्मत की द्कानों के ख्लने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों से इन द्कानों पर अधिक भीड़ ज्टने और सामाजिक उल्लंघन की जानकारी मिलने के बाद यह रोक लगाई गई है कल ही इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी उधर सिरसा जिले में किताबों की द्काने और ए सी कूलर पंखे आदि की म्रम्मत की द्कानों को खोलने पर रोक लगा दी गई है

उन्होंने कहा कि अगर कोई आदेशों की अवहेलना करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी झज्जर में भी इन द्कानों के ख्लने और स्कूलों में भी प्स्तकों के वितरण पर रोक लगा दी गई है झज्जर के उपायुक्त जितेन्द्र ने कहा कि तालाबंदी की अनुपालना प्रभावी ढंग न होने और भीड़ अधिक होने के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है

उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों समाज सेवी संस्थाओं के योगदान की सराहना करते हये लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दे उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उधर आज बल्लबगढ़ में संदिग्ध मरीज़ों की तलाश में गये पूलिस कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर एक विशेष सम्दाय के लोगों ने हमला कर दिया जिसमें एक सब इस्पैक्टर और एक आशा वर्कर घायल हो गई

इनमें चरखी दादरी फतेहाबाद जींद करनाल सिरसा रोहतक और यमुनानगर जिले शामिल है आज हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार चरखी दादरी से एक फतेहाबाद से एक जींद से दो करनाल से पांच सिरसा से चार और यमुनानगर से तीन मरीज़ों को स्वस्थ होने पर कल छ्ट्टी दे दी गई पहले ही सभी मरीज़ अस्पताल से छ्ट्टी पा चुके है इन सातों जिलों के अलावा महेन्द्रगढ़ झज्जर और रेवाड़ी में भी कोई भी पोजिटिव मरीज़ नहीं है जींद के सिविल सर्जन डॉ जय भगवान जाटान ने बताया कि जिले के निडानी गांव के दोनों पोजिटिव व्यक्ति स्वस्थ्य होने के बाद चाहे अब कोई पोजिटिव मरीज़ नहीं रहा लेकिन फिर भी सावधानी का ख्याल करना जरूरी है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों से वीडियो कांफ्रैसिंग के जरिए प्रत्येक राज्य दवारा कोरोना संक्रमण के चलते किए गए राहत कार्यो व अन्य तैयारियों की जानकारी ली

विधायक इस महामारी के दौरान कैसे काम कर रहे हैं व लोगों को कैसे सुविधा प्रदान करने मे सहायक हो रहे हैं उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रदेशों मे आने वाली दिक्कतों को जानने व द्र करने के लिए लोकसभा के स्तर पर लोकसभा सचिवालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जारहा है